राज्य के गृह विभाग ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी किये नये दिशा निर्देश

गृह विभाग ने कल फिर से इसके लिए एक गाईड लाइन जारी की राज्य में आने वालो की सीमा पर स्कीनिंग की जाएगी और पहचान पत्र देखा जाएगा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के संबंध में केन्द्र के निर्देशों का पालन किया जाएगा राज्य से बाहर जाने वाले लोगों को यात्रा पास रखना जरूरी होगा

लोगों को अपने घर और कार्यस्थल को बार बार सेनेटाइज करने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थुकने का परामर्श दिया गया है कार्यस्थल पर बैठक वीडियो कांफ्रेस से करने गैर जरूरी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रखने शादियों में मेहमानों की संख्या निर्धारित अनुमति तक रखने गैर जरूरी यात्रा से बचने यात्रा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाने अस्पतालों में सुरक्षा प्रोर्टोकॉल अपनाने को कहा गया है दुकानों रेस्त्रां और ढाबा में सतह को बार बार साफ करने और होम डिलीवरी के काम में लगे सभी लोगों से जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है

यह प्रकिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है

इस बीच राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक पत्र लिखकर कहा है कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संबंध में केन्द्र फिर से विचार करें गौरतलब है कि प्रदेश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रदद कर दी गई हैं

गौरतलब है कि निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन कराने का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद खाट्श्यामजी थाने में मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी

श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने तथा बिना लक्षण वाले संदिग्ध रोगियों पर फोकस करने के निर्देश दिए

इन स्वास्थ्य मित्रों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी

इससे निगम के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान हो सकेगा

ये जैल त्वाचा अनुकूल और माइश्चराइजर आधारित हैंड सेनेटाइजर है हैंड सेनेटाइजर की बाजार में मांग को देखते हुए आरसीएफ ने किफायती कीमत का ये हैंड सेनेटाइजर तैयार किया है